प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढकर छह सौ छियानवे हुई

आज शाम चार बजे से टिकटों की बुकिंग आइआरसीटीसी के माध्यम से होगी और तेज आंधी के साथ बारिश से प्रदेश में फसलों को व्यापक क्षति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे श्री मोदी कोरोना महामारी से निपटने में देश के प्रयासों की समीक्षा करेंगे बैठक के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढाने के संबंध में और छट दिए जाने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है ग्रहमंत्री अमित शाह वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे बाइट मार्च में देशव्यापी लोकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह पांचवीं ऐसी मुलाकात होगी

पिछले ही महीने अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश एक युद्ध के बीच में है और उन्होंने लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह भी दी थी इसी के साथ सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को प्नर्जीवित करने के लिए कई सारी रियायतों की घोषणा मी की थी कुछ राज्य सरकारों द्वारा लाल नारंगी और हरे जोन की सीमांकन के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर भी विचार किए जाने की संभावना जताई जा रही है आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देने और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों को संबोधित करने के उपायों पर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बैठक के एजेंडे में शीर्ष पर हैं प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह बैठक सरकार द्वारा आवश्यकता मुद्दों पर समावेशी विचारों को सम्मालित करने के विश्वास को और प्रबल बनाता है आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली लॉकडाउन में बाहर फंसे लोगों के वापस आने से बिहार में पिछले एक दिन में सबसे अधिक पचासी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर छह सौ छियानवे हो गयी है वहीं राज्य में संक्रमण से पटना जिले के एक बुजुर्ग की मौत के बाद मरने वालों की संख्या छह हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सैंपल जांच रिपोर्ट में मुंगेर और नालंदा में ग्यारह ग्यारह पटना और भागलपुर में नौ नौ किशनगंज में आठ सहरसा में सात पूर्वी चंपारण में चार अररिया दरभंगा गया और नवादा में दो दो तथा बेगूसराय औरंगाबाद भोजपुर समस्तीपुर तथा खगड़िया में एक एक मरीज में कोरोना संक्रमण की पूष्टि हुई है इधर प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने की संख्या लगातार बढ रही है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक कोरोना महामारी से संक्रमित तीन सौ चौवन मरीजों को अस्पतालों से छूट्टी दी जा चुकी है यह संख्या कुल संक्रमितों का चौवन प्रतिशत है उन्होंने बताया कि प्रदेश में सैंतीस जिले कोरोना से प्रभावित हैं वहीं पटना के बीएमपी चौदह के सतहत्तर जवानों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढकर सडसठ हजार एक सौ बावन हो गयी है इनमें से बीस हजार नौ सौ सत्रह मरीज स्वस्थ हो चके हैं जबकि बाईस सौ छह लोगों की मृत्यु हुई है देश के विभिन्न अस्पतालों में चौवालीस हजार उनतीस लोगों का इलाज चल रहा है दिल्ली एम्स के निदेशक डाक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड उन्नीस से संक्रमण को कलंक नही मानना चाहिए उन्होंने कहा कि जिनमे भी लक्षण हो उनकी जांच करानी चाहिए भयभीत नहीं होना चाहिए बाइट सब पेशेंट जो हैं वो हॉस्टिपटल आने से डरते हैं या अपना टेस्ट कराने से डरते हैं उससे ये हो जाता है कि जब वो पॉजिटिव हैं और देर से आते हैं तो उससे मोर्टेलिटी बढ़ जाती है कई दफा तो पेशेंट को माइल्ड प्रोब्लम है लेकिन उनकी ऑक्सीजन कम हो सकती है

उनको पता नहीं है कि उनकी ऑक्सीजन कम हो रही है उनको कोई सिंटम नहीं है लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन कम हो रहा है अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो तुरंत लाइफ सेव हो सकती है लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं ऑक्सीजन बहुत क्रिटिकल लो हो रही है इससे हार्ट पर असर पड़ रहा है और ऑर्गनस पर असर पड़ रहा है और इससे डेथ के चांसिस बढ़ जाते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए चार सौ तिरासी जिलों में सात हजार सात सौ चालीस सुविधा केंद्रों का चयन किया गया है इनमें अस्पताल भी शामिल हैं मंत्रालय ने कहा कि इनमें छह लाख छप्पन हजार सात सौ उनहत्तर आइसोलेशन बिस्तर तैयार किए गए हैं इनमें निन्यानवे हजार चार सौ बानवे बिस्तरों पर ऑक्सीजन तथा चौंतीस हजार छिहत्तर बिस्तरों पर सघन चिकित्सा इकाई आई सी यू सुविधा उपलब्ध कराई गई है राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इन सुविधा केंद्रों को अधिसूचित करने और इनकी जानकारी आम जनता को देने के लिए वेब साइट पर डालने को कहा गया है इधर बिहार के दो निजी प्रयोगशालाओं में भी कोविड उन्नीस की जांच की जायेगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कमार ने बताया है कि निजी संस्थान दो चरणों में किये जाने वाली जांच की अधिकतम राशि साढ़े चार हजार और सिंगल जांच के लिए ढ़ाई हजार रूपये ले सकेंगे रेलवे कल से पटना सहित पन्द्रह शहरों के लिए रेल यात्री सेवाएं शुरु करेगा अप तथा डाउन मिलाकर हर रोज तीस ट्रेन चलेंगी टिकटों की बिक्री केवल रेलवे की वेबसाइट के जरिए होगी और आज शाम चार बजे से ऑनलाईन बुकिंग आइआरसीटीसी के माध्यम से की जा सकती है रेलवे ने कहा है कि स्टेशनों के टिकट काउंटर पर टिकट बिक्री नहीं होगी परीक्षण के तौर पर यात्री रेल सेवा का विस्तार अन्य शहरों में भी किया जा सकता है कई शर्तों के साथ रेल सेवाएं शुरु होने जा रही है इसके तहत स्टेशन पर केवल टिकट वाले यात्री ही आ सकेंगे सभी को फेस मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा गौरतलब है कि लाकडाउन के कारण बाईस मार्च से रेल यात्री सेवाओं पर प्ररी तरह रोक लगी हुई है रेलमंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से प्रवासी मजद्रों को निकालने की अनुमति देने की अपील की है जिससे कि वे अगले तीन चार दिन में अपने घरों को वापस जा सकें श्री गोयल ने एक टवीट में कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद देश में प्रतिदिन रेल विभाग तीन सौ श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा रेलवे ने देशभर में फंसे तीन लाख पचास हजार से अधिक प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए साढ़े तीन सौ से अधिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया है ये रेलगाड़ियां आंध्र प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश झारखंड मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों को वापस ला रही हैं

इन विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से लोगों को प्रयागराज लखनऊ छपरा गया पूर्णिया समेत कई शहरों तक पहुंचाने का काम कर रही है

ट्रेन में चढ़ने से पहले और उतरने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है यात्रा के दौरान रेलवे यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी भी उपलब्ध करा रहा है रेलवे ने लोगों से अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर जाने के लिए पैदल यात्रा न करें बलकि राज्य सरकार से संपर्क कर अपना पंजीकरण कराएं आनंद चतुर्वेदी के साथ मैं दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार इधर कोविड उन्नीस महामारी लॉकडाउन के मददेनजर अप्रवासी कामगारों का बिहार लौटने का सिलसिला जारी है नौ मई से अबतक श्रमिकों और छात्रों के लिए तिरासी रेलगाडियां बिहार आयी हैं इन विशेष ट्रेन के माध्यम से अब तक एक लाख बीस हजार से अधिक लोगों को अपने घर पहुंचने में मदद मिली है इधर राज्य सरकार ने रेलवे के सहयोग से एक सौ उनहत्तर विशेष ट्रेन की बुकिंग की है अनुमान है कि सवा दो लाख से अधिक लोगों की इनके माध्यम से घर वापसी हो सकेगी आज बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर बीस विशेष रेलगाडियों का आगमन होगा अनुमान है कि चौबीस हजार से अधिक प्रवासी कामगारों छात्रों और फंसे हुए लोगों की वापसी हो सकेगी इधर महाराष्ट्र पंजाब और राजस्थान से तीन तीन तमिलनाडु गुजरात और हरियाणा से दो दो तथा तेलंगाना उत्तर प्रदेश कर्नाटक और दिल्ली से एक एक रेलगाड़ियां आ रही है ये ट्रेने दानापुर छपरा गया सीवान मुजफ्फरपुर भागलपुर कटिहार समेत अन्य स्टेशनों पर पहुंचेगी सूचना और जनसम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि अब तक तिरासी रेलगाड़ियां बिहार आ चूकी है जिनके माध्यम से एक लाा दो हजार लोग बिहार के बाहर से आये हैं उन्होंने बताया कि छियासी और ट्रेन प्रस्तावित हैं जिनके माध्यम से एक लाख बीस हजार चार सौ प्रवासी बिहार आयेंगे वहीं राजस्थान के कोटा से छात्र छात्राओं को लेकर एक विशेष ट्रेन आज खूलेंगी जो कल समस्तीपुर पहुंचेगी विभिन्न देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का विश्व का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत सुचारू रूप से चल रहा है वंदे भारत का पहला चरण सात मई को शुरू हुआ और इसके तहत बारह देशों में फंसे तकरीबन पन्द्रह हजार भारतीय नागरिकों को वापस लाने की योजना बनाई गई पहले चरण में चौसठ उड़ानें संचालित की जा रही हैं इसका दूसरा चरण सोलह मई से शुरु होगा कैबिनेट सचिव राजीव गौवा ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिये चर्चा की श्री गौबा ने कहा कि वंदे भारत के तहत विदेशों से स्वदेश लाए जा रहे भारतीयों के मामले में राज्यों का सहयोग मिल रहा है उन्होंने कहा कि रेलवे तकरीबन साढे तीन लाख प्रवासी मजदूरों के लिए तीन सौ पचास से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाडियां चला रहा है राज्यों के मुख्य सचिवों ने श्री गौबा को अपने राज्यों की स्थिति से अवगत कराया एक रिपोर्ट बाइट बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे और अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करें उन्होंने जोर देकर कहा कि डॉक्टरों नर्सों पैरामेडिक्स का आना जाना बेरोक टोक होना चाहिए और कोरोना यौद्वाओं की मदद करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने पूर्ण बंदी के बाद निर्माण उद्योग फिर शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किये हैं प्राधिकरण ने दुर्घटना की आंशका वाली औद्योगिक इकाइयों में आपदा प्रबंधन योजना अद्यतन करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिये हैं एनडीएमए ने राज्यों को कोविड उन्नीस लॉकडाउन के बाद उद्योगों को सुरक्षित रूप से आरंभ किये जाने में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिशिचत करने को कहा है वहीं श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैक्ट्री परिसर को हर समय संक्रमण मुक्त करने का परामर्श दिया है इधर राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बंद सभी कार और मोटरसाईकिल के शोरूम और वर्कशॉप को खोलने की अनुमति दे दी है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि यह आदेश सभी जिलों के ऑरेंज और रेड जोन में भी लागू होगा लेकिन कन्टेनमेंट जोन में इसपर रोक रहेगी उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर भीड़ को रोकने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी वहीं पटना जिले में इन दुकानों को खोलने के बारे में जिला प्रशासन आज निर्णय लेगा देश के दूसरे राज्यों से बिना अनुमति के आने वाली बसों को जब्त किया जायेगा आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य के बाहर से आने वाले बसों को संबंधित जिले के जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से आई बसों को लौटने के लिए राज्य सरकार ईंधन उपलब्ध करायेगी द्रसरे राज्यों से आये प्रवासी कामगार और छात्रों के लिए प्रदेश में एक सौ बहत्तर आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं सूचना और जनसंपर्क सचिव अनुपम कमार ने बताया कि बाहर से आ रहे श्रमिकों के लिए प्रखंड स्तर पर बनाए गए तीन हजार चार सौ चौहत्तर क्वॉरेंटाइन केंद्र में लगभग निन्यानवे हजार लोग रह रहे हैं यहां रहने खाने के अलावा चिकित्सा की सुविधा भी दी जा रही है श्री कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के कारण अन्य प्रदेशों में फंसे एक लाख नब्बे हजार लोगों का कॉल या संदेश मिला है उन लोगों को वहां की सरकार और स्थानीय प्रशासन के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के कारण बाहर फंसे लोगों के राज्य में आने से कोरोना संक्रमण की फिर से बन रही श्रृंखला को तोड़ने के लिए जांच की क्षमता बढ़ायें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जांच में तेजी लाने के लिए ट्रू नेट और सीबी नेट मशीन की अपने स्तर से भी लाने का प्रयास करें श्री कुमार ने कहा कि बुज़ुर्ग लोगों और दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर विषेष ध्यान देने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि उन्हें सकारात्मक होना चाहिए और उन्हें अपनी अन्य बीमारियों की दवाइयां नियमित रूप से लेते रहना चाहिए

इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें अपना हाथ बार बार धोते रहें मास्क का इस्तेमाल करें जिन लोगों को बीमारी है जो लगता है आपको उनको कोविड हो सकता है उनसे दूर रहें अपनी दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे खाने में जो आप रोज खाते हैं वही खाएं और दिनमर कुछ न कुछ करते रहें मोबाइल रहे चलते फिरते रहें बिल्कुल डेड बाउंड न हो जाएं घर में रहें ये दौर भी गुजर जाएगा लॉकडाउन में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है बांका और समस्तीपूर जिले के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत मदद मिलने से बहुत राहत मिली है

एसोसिएशन ने कहा है कि जो भी सदस्य इस राशि को लेना चाहेंगे वह इसे बिना ब्याज के कर्ज के रूप में ले सकेंगे प्रदेश में देर रात आयी तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को व्यापक क्षति हुई है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि तेज आंधी के कारण पेड उखड गये बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हैं पटना अरवल जहानाबाद लखीसराय बक्सर रोहतास और अन्य जिलों में गेहूं तथा अन्य खडी फसलों को नुकसान पहुंचा है इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज भी बक्सर से लेकर भागलपुर में गंगा के तटवर्ती इलाकों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है कई स्थानों पर ओलावृष्टि और वजपात को लेकर अलर्ट किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान खुले में न निकलने नाव पर सवारी नहीं करने की अपील की है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार तेरह मई तक मौसम में परिवर्तन जारी रहेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने लॉकडाउन के दौरान बंद ट्रेनों को कल से चलाये जाने की खबरों को अपनी सूर्खी बनाया है हिन्द्रस्तान की सुर्खी है पटना समेत पन्द्रह शहरों के लिए कल से दिल्ली से खुलेंगी ट्रेने दैनिक जागरण लिखता है बड़ी राहत कल से दौड़ेंगी पन्द्रह ट्रेने दैनिक भास्कर ने राज्य में मोटरयान निरीक्षक की नियुक्ति पर शीर्षक दिया है तेरह साल के बाद एमवीआई की बहाली आज से करे आवेदन प्रभात खबर की सुर्खी है राज्य में पहली बार ग्यारह दिन के बच्चे का कोरोना टेस्ट डॉक्टरों ने बचायी जान दैनिक आज की बड़ी खबर है सत्रह मई के बाद हॉटस्पॉट पर होगा फोकस

प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढकर छह सौ छियानवे हुई

आज शाम चार बजे से टिकटों की बुकिंग आइआरसीटीसी के माध्यम से होगी और तेज आंधी के साथ बारिश से प्रदेश में फसलों को व्यापक क्षति